राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी को केन्द्र में नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है

राष्ट्रपति ने श्री मोदी से राष्ट्रपति भवन में आयोजित किये जाने वाले शपथग्रहण समारोह की तारीख और समय की जानकारी देने को भी कहा है इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था बाद में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़गी उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है

इससे पहले श्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एन डी ए का नेता चुना गया संसद के केन्द्रीय कक्ष में एनडीए की बैठक में नव निर्वाचित सासंद और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बैठक में एनडीए नेताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे काम के बल पर जनता ने हमें स्वीकार किया है उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र कठिन परिश्रम और ईमानदारी का सम्मान करता है और इसके लिए प्रस्कृत करता है और यही देश की शक्ति है

बैठक में नवीन पटनायक को नेता चुने जाने की पूरी सम्भावना है नई मंत्रिपरिषद को बुधवार को शपथ दिलाई जा सकती है पार्टी के नवनिर्वाचित बारह सांसदों की आज भुवनेश्वर में पार्टी प्रमुख से मिलने की सम्भावना है

राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पद के बारे में जल्दी ही फैसला किया जाएगा पार्टी के विधायक दल ने मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए श्री गोले को अधिकृत किया है

गोयल को विदेश जाने से रोकने के लिए लुक ऑउट सकुंलर जारी किया गया है इससे पहले जेट एयरवेज की कर्मचारी युनियन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि गोयल और एयरवेज के वरिष्ठ प्रबंधकों को भारत से बाहर जाने से रोका जाये कर्ज में फंसी जेट एयरवेज का प्रचालन वित्तीय संकट के कारण पिछले महीने बंद कर दिया गया था

इनमें पाथ वे एजुकेशन सर्विस के प्रबंध निदेशक भास्कर चौधरी पर अन्य लोगों के साथ साठगांठ से प्रवेश परीक्षा में मदद के लिए एक परीक्षार्थी के घरवालों से करीब दस लाख रूपये की मांग करने का आरोप है

इस हादसे के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी कोचिंग संस्थानों शॉपिंग मॉल्स सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम सहित अन्य जगहों पर फायर ड्रिल सर्वे करवाया जा रहा है कल राजधानी जयपुर में नगर निगम ने तीन अलग अलग स्थानों पर फायर सेफ्टी ड्रिल का अभ्यास किया जिन संस्थानों के पास नगर निगम की फायर एनओसी नहीं है उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे बीकानेर कलेक्टर ने भी नगर निगम आयुक्त को दो दिन के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम के नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सीज करने के निर्देश दिये हैं

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और होटल्स जैसी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है

इधर प्रदेशभर के बीएसटीसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए आज परीक्षा आयोजित की होगी दोपहर दो से शाम पांच बजे तक होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर में दो हजार से अधिक केन्द्र बनाए गए हैं

वहीं पाली के ही सिरोही जयपुर बाइपास के नजदीक आज सुबह दो ट्रकों की टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें बांगड अस्पताल में भर्ती कराया गया

भीषण गर्मी के कारण जन जीवन प्रभावित हो रहा है भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही नौ तपा की शुरूआत हो चुकी है और गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा

प्रमुख भारतीय निशानेबाजों में जयपुर की अपूर्वी चंदेला भी शामिल हैं

छात्र और छात्रा दोनों ही वर्गों में जयपुर की टीम विजेता बनी हैं राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष और स्वीमिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान टीम का चयन भी आज शाहपुरा में ही किया जाएगा